बच्चों ने उन्हें अपनी उपलब्धियों और प्रेरणादायी कहानियों के बारे में बताया प्रधानमंत्री ने उपलब्धियों के लिए बच्चों की प्रशंसा की और बधाई दी उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार प्रतिभावान बच्चों को मान्यता देने और उनके जैसे अन्य बच्चों को प्रेरणा देने का अवसर है प्रधानमंत्री ने बच्चों से प्रकृति से जुड़े रहने को कहा उन्होंने उनके साथ कुछ हल्की फुल्की यादें भी साझा कीं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो श्रेणियों बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार में दिये गये हैं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

आकाशवाणी संवाददाता के साथ बातचीत में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कार्यक्रम के इस सत्र का स्वरूप वैश्विक होगा क्योंकि इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और रूस सहित विभिन्न देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे

इस वर्ष का विषय है सुनहरे कल के लिए बालिकाओं का सशक्तीकरण महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि सरकार ने बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाये हैं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 प्रदेष में भी कई स्थानों आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है

की हर नागरिक की एक जिम्मेदारी है उसी संविधान में लिखा हुआ है तो हर नागरिक को ये याद रखना भी बहत जरूरी है कि जहां हमें वो संविधान फ्रीडम व एक्सप्रेशन देता है तो वही संविधान हमारे पर एक जिम्मेदारी भी रखता है और बड़ी सरल जिम्मेदारी है वो कि हम जो भी काम करें हम जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हों किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों अपनी तरफ से बेहतरी से काम करें श्री राठौड़ ने आज नई दिल्ली में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पर राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता में कहा कि राष्ट्र निर्माण एक जिम्मेदारीपूर्ण काम है उन्होंने कहा कि राष्ट्र गान और राष्ट्रीय ध्वज जैसे प्रतीक जो देशभक्ति की भावना जगाते हैं का भारत जैसे विविधता वाले देश में बड़ा ही महत्व है

श्री अरोड़ा ने आज नई दिल्ली में चुनाव विषय पर आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए यह बात कही इवीएम को लेकर उत्पन्न हुए विवाद बहुत द्र्भाग्यपूर्ण है अगर परिणाम आपके पक्ष में है तो सही है और आपके पक्ष में नहीं है तो गलत है मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा इरादा बैलेट पेपर प्रणाली की तरफ वापस लौटने का नहीं है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 इसमें तीन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अलावा बंगलादेश भूटान श्रीलंका मालदीव कजाकिस्तान और रूस की चुनाव प्रबंधन संस्थाएं भाग ले रही हैं

अधिनियम में एससी एसटी के खिलाफ अत्याचार के आरोपी किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं देने का प्रावधान रखा गया है न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली एकल खंडपीठ ने कहा कि केन्द्र द्वारा शीर्ष न्यायालय के बीस मार्च के फैसले और नये संशोधनों के खिलाफ दायर याचिका पर एक साथ सुनवाई की जायेगी पीठ ने इस मामले को प्रधान न्यायाधीश द्वारा पुनर्गठित पीठ को भेज दिया है

पन्द्रहवें प्रवासी भारतीय दिवस के अंतिथि भी आज सवेरे प्रयागराज पहुंचे अधिकांश अतिथियों ने संगम में ड्बकी लगाई और पारम्परिक ढंग से गंगा पूजा की